भारत में इसे सियांग और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है यह रुकावट इस महीने की सोलह तारीख से सत्रह अक्टूबर की सुबह तक रही इसका यारलुंग जंगबो नदी के निचले इलाकों में जल की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा रुकावट के कारण निचले क्षेत्रों में एकाएक बाढ़ आने की आशंका है ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोंगो से सतर्क रहने और नदी में न जाने के लिए कहा है इधर सासंद निनोंग इरिंग ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जल संसाधन विकास मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सबसे गरीब लोगो को मकान उपलब्ध कराना गरीबी उन्मूलन की दिशा में पहला कदम है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यवर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए है प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में साई मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहै थे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ढाई लाख से अधिक लाभान्वितों को मकान की चावियां सौपी श्री मोदी ने कहा कि ये घर उनके सपनों के साकार होने का प्रतीक है उन्होंने लाभान्वितो से कहा कि अब उनका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर है उन्होंने विजयादशमी के पावन अवसर पर लोगो के सपनों को साकार करने का मौका पाने पर प्रसन्नता प्रकट की श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्ष में एक करोड़ पचास लाख आवास का निर्माण किया है जबकि पिछली सरकार इस अवधि में केवल पचीस लाख मकान बना पाई थी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र में कृषि के साथ साथ पयर्टन को भी बढ़ावा दे रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानो के लिए ऐसा माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके उन्हंने कहा कि इसके लिए केंद्र ने न्यूनतम संमर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमेशा देशवासियों के साथ व्यौहार मनाना एसंट करते है और इसके लिए पर्यास करते है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे वेस्ट कामेंग जिले के कालाकतांग में कल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि प्रधानमंत्री छह सौ मेगावाट के कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे उन्होंने बताया कि कामेंग परियोजना क्षेत्र के लिए एक सौ उन्तीस करोड़ रुपए जारी किए गए है दाहुंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कलचरल स्टडीज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए छह करोड़ रुपए जारी किए गए है उन्होंने कहा कि यह संस्थान बौद्ध अध्ययन केंद्र के रुप में विश्वभर के लोगो को आकर्षित करेगा और इस से स्थानीय लोगो को आर्थिक लाभ भी मिलेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने नये जिले और सर्कल के गठन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है उन्होंने कहा कि नये जिले के गठन की मांगो पर आगामी वर्ष में चुनाव के बाद विचार किया जायेगा मुख्यमंत्री ने वेस्ट कामेंग जिले के दौरे के दौरान कई बुनियादी परियोजनाओ का उद्घाटन और शिलान्यास किया केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज ईटानगर में स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री आवास योजना राष्ट्रीय शहरी आजिवीका मिशन अमरुत सहित कई महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की समीक्षा की उन्होंने संवाददाताओ को भी संबोधित किया देश में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सेलुलर आँपरेटर्स एसोसिएशन आँफ इंडिया सीओएआई ने कहा है कि जिन ग्राहको ने अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आधारकार्ड का विवरण देकर मोबाइल नंबर लिए है यदि अब वे टेलीकॉम कंपनियों से अपने आधार का विवरण हटाना चाहते है तो इसके लिए उन्हें अपनी पहचान के अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे दस्तावेज बदलने की इस अवधि में उनके मोबाइल काम करते रहेंगे केंद्र ने दिल्ली के बाजारो में प्याज की आपूर्ति वर्तमान स्तर से दो से तीन गुना बढ़ाने का फैसला किया है इसके लिए नाफेड को प्याज के सुरक्षित भंडार से आपूर्ति बढ़ने को कहा गया है ताकि राजधानी में प्याज के दामों में स्थिरता बनी रहे आज नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव अनिवाश के श्री वास्तव बैठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है कि खरीफ मौसम के प्याज के बुआई क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले अधिक है

आज का अधिकतम तापमान अठठाइस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार